सरकार ने तीन कृषि कानूनों के मुद्दे पर गतिरोध समाप्त करने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों के संगठनों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है वार्ता में कृषि कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य वायु गुणवत्ता और बिजली से जुड़े कानूनों में संशोधन के मर्सदे पर विचार विमर्श हो रहा है सरकार ने दोहराया है कि वह स्पष्ट लक्ष्य और खुले मन से किसानों के सभी मुद्दों का युक्तिसंगत समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है

उन्होंने जोर देकर कहा कि एनडीए सरकार तत्परता और प्रतिबद्वता के साथ किसानों और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कार्य करना जारी रखेगी विद्युत उपभोक्ता केन्द्र ने देश में बिजली की पहंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है

उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े छह साल में एनडीए सरकार में देश ने अतिरिक्ते बिजली वाले राष्ट्र का दर्जा हासिल किया है जो न केवल घरेलू मांग पूरी करने में सक्षम है बल्कि बांग्लादेश सहित पड़ोसी देशों को भी बिजली की आपूर्ति कर रहा है आकाश मिसाइल सरकार ने जमीन से हवा में मार करने वाली स्वेदश निर्मित आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दे दी है प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया इसके साथ ही रक्षा निर्यात प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका स्वागत करते हुए कहा है कि इससे देश को रक्षा निर्यात से आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बड़ी तादाद में कई तरह के रक्षा उपकरण और मिसाइलें देश में बनाई जा रही हैं रक्षामंत्री ने कहा कि सरकार ने उन्नत किस्म के रक्षा उपकरणों के निर्यात पर जोर देते हुए पांच अरब डॉलर के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है उन्होंने कहा कि आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी मिलने से कई अन्य रक्षा उपकरणों के निर्यात का रास्ता भी खुलेगा

जिले में अब तक ढाई हजार से ज्यादा कोरोना संकमित स्वस्थ हो चुके हैं

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस अवधि के बाद उड़ानें फिर शुरू होने पर कड़े नियमों का पालन किया जाएगा इस बारे में विस्तुत जानकारी की घोषणा शीघ्र की जाएगी

स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से सिफारिश की थी कि ब्रिटेन से भारत आने वाली उड़ानों पर रोक की अवधि सात जनवरी तक बढ़ा दी जाए

इसके साथ ही प्रतिष्ठापूर्ण संगीत समारोह संपन्न हो गया बेहट में सजी तानसेन समारोह की इस सभा का शुभारंभ पारंपरिंक रूप से स्थानीय संगीत संस्थाओं के ध्रपद गायन से हुआ अष्टम संगीत सभा मे पहले कलाकार के रूप में पंडित जगतनारायण शर्मा का पखावज वादन हुआ देश की जानी मानी ध्र्यपद गायिका सोमबाला सातले कुमार ने राग मदमादी सारंग में ध्र्यपद गायन कर रसिकों को मंत्रमुध कर दिया इसके अलावा ग्वालियर घराने के उदयीमान ख्याल गायक हेमांग कोल्हटकर ने गायन प्रस्तुत किया

मिशन के अंतर्गत यह प्रदेश का पहला केन्द्र है

मौसम विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटे के दौरान ग्वालियर दतिया और धार जिलों में शीत लहर का प्रभाव रहा कई जिलों में पाला भी पड़ा है जिलों में प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित सत्रह जिलों में तापमान आठ डिग्री सेल्सियस से कम रहा प्रदेश में सबसे कम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस दतिया में दर्ज किया गया मौसम विभाग ने कहा है कि हिमाचल कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद अब वहां बर्फ पिघलने लगी है बर्फीली हवा सीधे पहुंच रही है जिसके कारण मौसम बेहद सर्द हो रहा है आज भोपाल ग्वालियर चम्बल संभागों उज्जैन और धार जिलों में शीत लहर चलने का अनुमान है

सतना से मिले समाचार के मुताबिक जिले में उत्तर भारत की तरफ से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण दिन रात के तापमान में गिरावट देखी जा रही है

खण्डवा के अलावा हरसूद पंधाना मूदी और ओकारेश्वर नगरों में भी निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी